उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल से एक सप्ताह के भीतर मांगी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदीय समीक्षा के लिये नामित नोडल अधिकारियों को प्रभावी समीक्षा करने के दिये निर्देश प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर ने नई उभरती टेक्नोलॉजी और प्रसारण के क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिये समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर दुर्घटना में हताहतों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने दुर्घटना संभावित इलाकों की पहचान और मरम्मत कार्य के लिए चौदह हजार करोड़ रुपये की परियोजना बनाई है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि इस परियोजना को वित्तमंत्रालय ने सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के लिए यह बहत संवेदनशील मृद्दा है और पिछले पांच वर्ष के दौरान सरकार ने सड़क द्र्घटनाओं को कम करने के लिए बेहतर प्रयास किये हैं सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले पांच वर्ष में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में बीस लाख से अधिक रोजगारों का सुजन किया है केन्द्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में इस क्षेत्र में पांच लाख सत्तासी हजार से अधिक रोजगार पैदा किए गए उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल से एक सप्ताह के भीतर ताजा रिपोर्ट देने को कहा है न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंगर पैनल द्वारा इस मुददे का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकाला जाता तो पच्चीस जुलाई से इसकी नियमित सुनवाई की जायेगी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला से अनुरोध किया कि वे इस महीने की अट्ठारह तारीख तक अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करें न्यायालय ने यह आदेश मूल याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर दिया है अपनी याचिका में विशारद ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे के समाधान के लिए मध्यस्थता का जो आदेश दिया था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है अयोध्या में करीब पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांटने के दो हजार दस के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह याचिकाएं दाखिल की गई हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तेरह केन्द्रीय श्रम कानूनों का विलय कर एक आचार संहिता बना दी है जो दस या इससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी इस कदम से मजदूरों के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की संभावना है कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी प्रस्तावित आचार संहिता के दायरे में कामगारों की संख्या काफी बढ़ जाएगी श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि यह संहिता बंदरगाह और खनन क्षेत्र से जुड़े व्यापारिक संगठनों पर भी लागू होगी भले ही वहां एक ही मजदूर काम कर रहा हो यह नीतिगत बदलाव व्यापार को सुगम बनाने और कर्मचारियों को अधिक संरक्षण देने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि श्रम कानून में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें सरकार विवेयक के माध्यम से लाएगी नए नियमों में नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारिश्रमिक पर श्रम संहिता को मंजूरी दी थी जिसमें न्यूनतम दिहाड़ी और समय पर भुगतान करने के प्रावधान किए गये हैं नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने भारत से आयातित फलों और सब्जियों में स्वीकृत स्तर से अधिक कीटनाशकों की जांच करने के नेपाल सरकार के पहले के फैसले से पीछे हटने पर रोक लगा दी है नेपाल सरकार ने समुचित सुकिधाएं न होने की वजह से पिछले हफ्ते भारत से आयातित फल और सब्जियों की सीमा पर जांच रोक दी थी दो वकीलों ने सरकार द्वारा अपने पहले के निर्णय से पीछे हटने के खिलाफ मंगलवार को सर्वोच्च अदालत मे एक जनहित याविका दायर की

इसके बाद सीमा पर सैकडों ट्रक फंस गए थे नेपाल भारत से आयातित फल और सब्जियों पर काफी अधिक निर्मर है

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों द्वारा जनपद की समग्रता के साथ समीक्षा की जाये वह अपनी कार्य पद्वति से जनपदीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत और सक्रिय करें श्री योगी लखनऊ में विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनपद के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं और शिकायतों के निस्तारण के संबंध में प्रतिक्रियायें जरूर प्राप्त करें प्रसार भारती और आईआईटी कानप्र ने कल नई दिल्ली में नई उमरती टैक्नोलॉजी और प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की समावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरि शेखर वेम्पटी और आई आई टी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं इस अवसर पर श्री वेम्पटी ने कहा कि अनुसंधान और विकास तथा नवाचार के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर के साथ प्रसार भारती का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है प्रसारण और अन्य टैक्नोलॉजिस के बीच तेजी से कन्वर्णन्स चल रहा है खासतौर से मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी और क्जी का यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हमारे पास भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा है और विस्तृत कार्ययोजना है मुझे विश्वास है कि इस समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी समझौता ज्ञापन कल से प्रभावी हो गया और इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए होगी प्रसार भारती और आईआईटी कानपुर आपसी सहमति से सहयोग की शर्तों का विस्तार कर सकते हैं कल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया उन्नीस सौ नवासी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन संचालन समिति ने कल ही के दिन जनसंख्या दिवस की घोषणा की थी यह दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लोगों को उच्चस्तरीय सूचनाएं और जानकारियां उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है और इस पर रोक लगाना बहुत बड़ा कार्य है प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा से जहां किसानों को लाम हुआ है और कृषि कार्य तेजी पर हैं वहीं कई क्षेत्रों में जल जमाव होने से खरीफ की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है अत्यधिक वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है पूर्वांचल के कई जनपदों में वर्षा के कारण विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है कुशीनगर जिले में मूसलाघार वर्षा से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है जिले में बूढ़ी गण्डक नदी उफान पर है और वह चेतावनी बिन्दु के करीब पहुंच रही है बलिया जिले में गंगा घाघरा और दौंस नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी से तटवर्ती इलाको में रहने वालों लोगों की चिंता बढ़ गयी है